मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री वाजपेयी जी के निधन से देश ने एक बहुमूल्य रत्न को खो दिया है श्री खाण्डू ने कहा कि श्री अटल जी एक प्रतिष्ठित और करिशमाई राजनेता थे जो हमेशा मानवता न्याय एवं शांति के लिए राजनीतिक भेदभाव से उठकर आगे आते थे और देश की सेवा करते थे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आज तवांग जिले के बुमला में भारतीय सेना और चाइनीस पीपल लिब्रेशन आर्मी ट्रप के बीच सीमांत कर्मियों की बैठक हुई

पंद्रह हजार एक सौ चौतीस फीट की ऊचाई और तवांग शहर से बयालीस किलोमीटर उत्तर में बसे बुमला भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पंच नामित बी पी एम स्थलों में से एक है भारतीय स्वतंत्रता दिवस को संयुक्त रुप से मनाने का लक्ष्य दो एशियाई देशो के बीच मैत्रिता एवं सहयोग को बढ़ावा देने की कदम की श्रुआत करना है सीमा कर्मियों की बैठक में भारत एवं चीन के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए और दोनों प्रतिनिधिमंडल के नेताओं द्वारा औपचारिक भाषण दिये गये

समारोह में मुख्य मंत्री पेमा खाण्ड्र भी उपस्थित थे राज्यपाल ने कहा कि समाज के सभी हिस्सों के संतुलित विकास खासतौर पर वंचित शारिरिक रुप से अक्षम और परित्याग लोगों के लिए काम करना आज के समय की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि विकास का मुख्य लक्ष्य महिलाओं में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना और बच्चों के लिए चहुंमुखी देखभाल करना होना चाहिए श्री मिश्रा ने कहा कि राष्ट्र को सभी नागरिकों की सुरक्षा न्यायसमानता भाईचारा गूड गवर्नेंस पर्यावरण की रक्षा दया एवं व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए समारोह में विशेष रुप से आमंत्रित और बहादूर पुरस्कार से सम्मानित डोगरा रेजिमेंट से सेना मेडल कर्नल अशोक आर्या और गढ़वाल राईफल्स से सेना मेडल लेप्टेनेंट कर्नल चिरोम इबुंगो ने देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए लड़ने में अपने अनुभाव को साझा किया

श्री रावत ने नई दिल्ली में मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि एकसाथ चुनाव कराने में शत प्रतिशत मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपीएटी के संचालन में बाधा उत्पन्न होगी उन्होंने कहा कि आयोग ने एक साथ चुनाव के लिए अतिरिक्त प्रलिस बल और मतदान कर्मियों की अन्य आवश्यकताओं के संबंध में सरकार को दो हजार पंद्रह में ही सुझाव दिए थे श्री रावत ने कहा कि आयोग राज्य विधानसभा की अवधि समाप्त होते ही चुनाव कराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहेगा लोकसभा और विधानसभा चुनावओं को एक साथ कराने के भाजपा के बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की यह प्रक्रिया आई है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के संदर्भ में कहा है कि दो हजार बाईस तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को गगनयान से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा कल बंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में इसरो के अध्यक्ष के शिवन ने कहा कि इसरो प्रधानमंत्री द्वारा कल की गई घोषणा को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है यह बताते हुए कि श्री शिवन ने कहा कि इसरो ने आवश्यक प्रौद्योगिकी पहले ही विकसित कर ली है और मानवीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम व्यवहारिक रुप से संभव है उन्होंने बताया कि मानव मिशन के लिए सभी बुनियादी जरुरतेतों निर्धारित निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएंगी